एन डी आर एफ के अन्सार यह सभी युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे और नदी की तेज धारा में फंसे गए दोईम्ख प्लिस स्टेशन के प्रभारी दवारा दी गई सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हए ब्रजेश उपाध्याय के नेतृत्व में एन डी आर एफ के सदस्यों ने बल के कमांडेंट राजेश ठाक्र की निगरानी में कल रात को करीब आठ बजे बचाव कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हए सभी नौजवानों को नदी की धारा से सुरक्षित निकाल लिया

राज्य में बेहतर स्वास्थ्य स्विधा के लिए प्र्वोत्तर राज्यों के गिने च्ने अस्पतालों मे यह स्विधा है और इस नए चिकित्सा उपकरण से किडनी या ब्लेडर में स्टोन को हटाने और कई अन्य बीमारियों के इलाज में स्विधा होगी इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल प्रबंधन और कर्मियों को बधाई देते हए प्रदेश के लोगों को सस्ती और आध्निक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का आहवान किया उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से ऐसे आध्निक तकनीको का उपयोग करने को कहा जिससे मरीजों का दर्द और म्श्किले कम हो

इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो सौ बावन रह गई है और सोलह हजार दो सौ छह रोगी स्वस्थ हो च्के है प्रदेश में कोविड रिकवरी दर अट्टानबे दशमलव एक चार प्रतिशत हो गई है राज्यभर में कल कोविद जांच के लिए तीन सौं पंद्रह सैंपल एकत्र किए गए पिछले चौबीस घंटे के दौराण प्रदेश के चार जिलों ईटानगर राजधानी क्षेत्र पाप्मपारे अंजाव और लेपारादा से कोविड के एक एक नए मामले दर्ज किए गए

इस च्नाव में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी अपना किस्मत अजमा रही है प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पंचायत चूनावों को लेकर लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है

एक ट्वीट में प्रत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और कहा है कि केन्द्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है

जे के टायर दवारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के अलावा देश के अन्य हिस्सों के मोटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हए आयोजन समिति के सदस्य लाकपा सेरिंग ने बताया कि प्रदेश में मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय य्वा प्रतियोगियों को अवसर प्रदान करने के लिए यह प्रतियोगिता की जा रही है प्रदेश की तरफ से फ्रपा सेरिंग पेम सोनम नाबम आशा और चादा चाक् हिस्सा ले रहे है

हाल ही में पासीघाट में बॉक्सिंग के प्रशिक्षण के लिए बीस दिनों का शिविर लगाया गया इस शिविर में प्रम्ख कोच दामलेक देरा ने बच्चों और उभरने हए खिलाड़ियों को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दिया